विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को खाने पर मिलने वाले अनुदान को खत्म करने का राज्य सरकार ने लिया निर्णय अटल वर्दी योजना के तहत स्कूलों में बांटी गई वर्दी की जांच में कमी पाए जाने पर संबंधित कम्पनी पर होगी कार्रवाई विधानसभा प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज धर्मशाला के समीप तपोवन में शुरू हुआ

एक दिन प्रावइट मैम्बर डे के लिए रखा गया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि मॉनसून और शीतकालीन सत्र के बीच की छोटी सी अवधि के दौरान चार पूर्व विधानसभा सदस्यों का निधन हिमाचल के लिए बड़ी क्षति है उन्होंने कहा कि जयकृष्ण का विधानसभा के अंदर और बाहर बहुत योगदान रहा है और भाजपा को उनके जाने से नुकसान हुआ है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी शोकोदगार में शामिल होकर सभी चारों सदस्यों को कांग्रेस की तरफ से श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि सभी चारों सदस्यों की सेवाओं को सदन हमेशा याद रखेगा विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी खुद को शोकोदगार में शामिल करते हुए सभी चारों दिवंगत विधायकों के निधन पर दुख जताया और उनके योगदान को याद किया शोकोदगार में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी विधायक विक्रम सिंह जरयाल राकेश पठानिया रीता देवी और राकेश सिंघा ने भी हिस्सा लिया मुख्यमंत्री विपक्ष द्वारा सदन से वाकआउट करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इनवेस्टर मीट को लेकर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि नियम के तहत चर्चा में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश का विकास करने में असफल रही है इसलिए सरकार के कार्यों में रोड़ा अटका रही है

अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल को बेचने की तैयारी में है और असफर हिमाचल को लुटाने की फिराक में हैं इस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक भी हुई और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए संदन से वॉकआउट कर दिया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी विधायक राजेश ठाकुर और राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि इस दौरान कांगड़ा चंबा सिरमौर कुल्लू और शिमला जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है

पिंजौर बद्दी नालागढ़ फोरलेन मार्ग को लेकर विधायक लखविंद्र सिंह राणा के सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा

बिंदल बैठक विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज धर्मशाला में सत्र शुरू होने से पहले एक बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष से सदन के संचालन में रचनात्मक सहयोग का आग्रह किया बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे राजीव बिंदल ने दोनों पक्षों से सत्र का सदुपोग जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए सुनिश्चित करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि सदन ही एक ऐसा उत्तम स्थान है जहां सदस्य जनहित से जुडे मुद्दों को उठाकर चर्चा के माध्यम से उनका समाधान निकाल सकते हैं वक्तव्य हिमाचल में विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों को खाने पर मिलने वाले अनुदान को खत्म करने का निर्णय लिया गया है ये वक्तव्य मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में दिया उन्होंने बताया कि बजट सत्र से ये अनुदान बन्द हो जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के साथ इस बारे में चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने इसका समर्थन करते हुए मांग उठाई की जो पिछले सत्र में विधायकों का भत्ता बढ़ा है वह भी वापिस लिया जाए

अटल वर्दी योना के तहत स्कूलों में बांटी गई वर्दी पर आ रही खबरों को लेकर अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने आज विधानसभा में ये जानकारी दी

शिक्षामंत्री ने कहा कि अभी तक इस संबंध में एक ही शिकायत प्राप्त हुई उन्होंने कहा कि वर्दी खरीद प्रक्रिया में खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से बाकायदा टेंडर करने के बाद प्रयोगशाला में जांच कर ही वर्दी बांटी गई हैं

उन्होंने कहा कि वर्दी की जांच में किसी तरह की कमी पाई जाती है तो संबंधित कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी

इस पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि विधवाओ के मामले पर किसी तरह का कोई मतभेद नही है सरकार आय सीमा व ग्राम सभा की शर्त हटाने पर जल्द विचार करेगी ताकि विधवाओं को जल्द पेंशन लग सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्याज के अधिक भंडारण पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन को कड़े आदेश दिए हैं